उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसे में गया के सात लोगों की मौत

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस अवसर पर श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे यह महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं जयंती के सिलसिले में सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में से एक है इसका आयोजन जनभागीदारी की भावना से लोकपर्व के रूप में किया जाएगा इस सिलसिले में पंद्रह अगस्त दो हजार बाईस को आयोजित किये जाने वाले अमृत महोत्सव से पचहत्तर सप्ताह पहले की प्रारंभिक गतिविधियां कल से शुरू हो रही हैं इस महोत्सव के अंतर्गत कल से विभिन्न राज्यों में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा कई गतिविधियां आयोजित की जायेगी प्रदेश में अब तक ग्यारह लाख बहत्तर हजार पांच सौ तीस लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है इसमें नौ लाख तेरह हजार छह सौ सड़सठ लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि दो लाख अंठावन हजार आठ सौ तिरसठ लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है कल प्रदेश में बावन हजार दो सौ तीस लोगों को कोविड के टीके लगाये गये इनमें से सैंतीस हजार सात सौ तिरसठ लोगों को टीके की पहली डोज जबकि चौदह हजार चार सौ सड़सठ लोगों को टीके की द्सरी डोज दी गयी इधर प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के टीकाकरण के लिए कल राज्य भर में विशेष अभियान चलाया जायेगा महिला दिवस की तर्ज पर चलाये जाने वाले इस अभियान के तहत अधिक से अधिक पंचायती राज प्रतिनिधियो को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है वहीं आज शिवरात्रि के कारण टीकाकरण का कार्य स्थगित है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज के दिन लोग उपवास करते हैं और इस स्थिति में टीका नहीं लेने की सलाह दी गयी है देश में अब तक कोविड टीकों की दो करोड़ छप्पन लाख पचासी हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि टीकों की कुल तेरह लाख सत्रह हजार से अधिक खुराक कल दी गई इस बीच देश में कोविड से ठीक होने की दर छियानवे दशमलव नौ दो प्रतिशत पर पहुंच गई मंत्रालय ने कहा है कि एक करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं और इस समय देश में एक लाख नवासी हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं कल देश में कुल बाईस हजार आठ सौ चौवन नए मामले सामने आए

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है

इस भीषण द्र्घटना में नौ लोगों की मृत्यू हो गई हादसे में तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं बताया जाता है कि मृतकों में सात लोग गया जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छकरबंधा के रहने वाले थे राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने आज समस्तीपूर में संवाददाताओं को बताया कि वोटरों की सुविधा के लिये इस बार पंचायत चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से कराये जायेंगे उन्होंने कहा कि इसके लिये तैयारियां की जा रही हैं

रेरा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने वाले बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी इन प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से पश्चिम चंपारण जिले के किसान बलूई मिट्टी वाले खेतों में भी अच्छी खेती कर रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि भितहा प्रखंड के कई किसानों ने इस योजना के अंतर्गत सिंचाई के साधनों को अपनाकर खेती के तौर तरीकों में बदलाव किया है

लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों की तकदीर बदल दी है विनही गांव के किसान निरंजन कुशवाहा कहते हैं कि इस योजना के तहत उन्हें स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई की जानकारी प्राप्त हुई

आकाशवाणी समाचार के लिए भितहा से आशीष कुमार प्रदेश में मौसम के रूख में तेजी से बदलाव हुआ है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिला सहित आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश भी हुई है क्छ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गयी है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि कल और परसों प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है

बक्सर आज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान लगभग पैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया प्रदेश में महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारम्परिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है

विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिये सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान रोहतास के गुप्ताधाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष प्रजा अर्चना और जलाभिषेक किया गया शिवहर के देक्लीधाम बक्सर के पतालेश्वर नाथ मंदिर ड्मरांव के मैहरौरा ब्रहमपुर के ब्रहेमश्वरनाथ शिव मंदिर वाल्मिकी नगर के जटाशंकर मंदिर और लखीसराय जिले के श्रीइंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी गयी इधर कई स्थानों पर रात में शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है गंगा को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाये रखने के लिये एनसीसी निदेशालय द्वारा आज पटना के गांधी घाट पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में मूख्य अतिथि के तौर पर राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी उपस्थित थे कार्यक्रम में एनसीसी के बिहार झारखंड के प्रमुख मेजर जनरल इंद्रबालन ने भी भाग लिया महान समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर आज श्रद्धापूर्वक याद किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्प् यादव ने खगड़िया में दीवार गिरने से मारे गये छह लोगों के परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें सांत्वना दी पूर्व सांसद ने प्रभावित परिवार के सदस्यों को दस दस हजार रूपये की आर्थिक मदद दी नवादा जिले के नगर थाने में भीषण अगलगी की घटना में काफी नुकसान हुआ है अगलगी की इस घटना में थाना परिसर में रखी जब्त की गयी कई गाड़ियां जलकर राख हो गयी खगड़िया के मथुरापुर निवासी रिमझिम कुमारी का चयन हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप के लिये किया गया है रिमझिम कुमारी ने हॉकी के मिड फिल्डर खिलाड़ी के रूप में अपनी विशेष पहचान बनायी है वह आर्य कन्या उच्च विद्यालय की दसवीं कक्षा की छात्रा है नालंदा जिले में स्थानीय शिक्षक संघ के सदस्यों ने पिछले दिनों कोचिंग सेंटरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किये जाने के विरोध में लहेरी थाने का आज घेराव किया प्रदर्शनकारी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे शेखपुरा पुलिस के सहयोग से हैदराबाद के पुलिस अधिकारियों ने बरबीघा थाना क्षेत्र के एक साइबर अपराधी राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है उस पर हैदराबाद में एक व्यवसाय से इक्कीस लाख रूपये ठगने का आरोप है पूर्णिया में सिपाही पद के लिये चौदह मार्च को अठारह केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जायेगा कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदरी स्थान के पास एक सड़क हादसे में मोटरसाईकिल पर सवार दो युवकों की मौत हो गयी

उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण सड़क हादसे में गया के सात लोगों की मौत